मुख्यंमत्री जयराम ठाकुर कल इस चर्चा का उत्तर देंगे नडुडा राज्यसभा की रिक्त हो रही एक सीट के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड़डा के चयन की औपचारिक घोषणा आज तीन बजे के बाद कर दी जाएगी इस चुनाव में केवल जगत प्रकाश नड्डा ही एक मात्र उम्मीदवार हैं वह आज शिमला आ रहे हैं और निर्वाचन अधिकारी से प्रमाण पत्र लेंगे बाद में उनका कार्यकर्ताओं से मिलने का भी कार्यक्रम है विकास लाबरू उना के उपायुक्त विकास लाबरू ने अधिकारियों को जिले में संवेदनशील ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं ताकि सड़क दुर्घटनाएं रोकी जा सकें उना में कल एक बैठक में उन्होंने सड़क सुरक्षा के लिए जन जागरूकता की जरूरत बताई और लोगों से यातयात नियमों की अनुपालना करने का आहवान भी किया कार्यशाला सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय और क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया ने कुल्लू जिला उद्योग केन्द्र के सहयोग से कल कल्लू में उद्यमियों के लिए एक कार्यशाला लगाई इस मौके एसडीएम अमित गुलेरिया ने कहा कि केन्द्र सरकार विनिर्माण क्षेत्र और सूक्ष्म लघ् व मध्यम उद्यमों पर विशेष जोर दे रही है उन्होंने उद्यमियों से अपने उत्पादों की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की चैत्र नवरात्र हमीरपुर ज़िले के प्रसिद्ध बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में चैत्र मास के मेले कल से शुरू हो गए हैं उपायुक्त राकेश प्रजापति ने मंदिर में हवन व विधिवत् पूजा अर्चना के बाद झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की

श्रद्धालुओं के लिए सभी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और मंदिर चौबीस घंटे खुला रखा जाएगा मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं हालांकि जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में बीती रात बर्फबारी जबकि चंबा में रूक रूक कर वर्षा होने का समाचार है

एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है करसोग दलाश बहुतकनीकी कॉलेजों की अधिसूचना रद्द दैनिक जागरण लिखता है करसोग और दलाश में अब नहीं खुलेंगे बहुतकनीकी संस्थान भवन निर्माण संबंधी खबर पर पंजाब केसरी की सुर्खी है एनजीटी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार दिव्य हिमाचल का शीर्षक है अवैध भवनों के नियमितीकरण के मामले में विधानसभा में सरवीण चौधरी का एलान जबकि हिमाचल दस्तक ने लिखा है अनाधिकृत भवनों पर दोहरी लड़ाई लड़ेगी प्रदेश सरकार

पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है उपचुनाव के आधार पर तुलना ठीक नहीं अभी हाल ही में तीन राज्यों में बनीं भाजपा की सरकारें

हिमाचल दस्तक की एक खबर है जेपी नड्डा आज शिमला में जयराम कल दिल्ली जाएंगे इंडियन टैक्नोमेक मामले पर दैनिक जागरण ने लिखा है घोटाले के पैसे से विदेशों में भी खरीदी संपतियां सूबे में वन अग्नि जागरूकता अभियान आज से शीर्षक से खबर को दैनिक सवेरा टाइम्स ने प्रमुखता दी है अमर उजाला ने सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के हवाले से लिखा है पाइप खरीद मामले की जांच करेगी सरकार

मौसम पर आपका फैसला की सुर्खी है प्रदेश में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज उंचे क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फ गिरने की संभावना एक नजर संपादकीय पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय हर आंदोलन का जंजैहली होना में लिखा है कि सभी जन आंदोलन जंजैहली प्रकरण के आगे कमजोर पड़ गए यह इसलिए कि आंदोलन का गैर राजनीतिक होना शायद असर नहीं कर रहा या जिस तरह जनता सरकार तक दरख्वास्त मेजती रही है दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय डॉक्टरों की मनमानी में लिखा है कि कुछ डॉक्टरों की मनमानी के कारण सरकार की पहल का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा कई अस्पतालों में ऐसे मामले सामने आए जहां डॉक्टर मरीजों को ब्रांडेड दवाइयां लिख रहे हैं सरकार को गंभीरता से इस दिशा में कदम उठाने होंगे